मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर ये मंत्री इन जिलों में जाएंगे और फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेकर किसानों से बातचीत करेगें इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी कर दिए है राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को मंत्रियों से किसानों की मुलाकात और फसल खराबें की स्थिति का आंकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के वास्ते समन्वय करने के निर्देश दिए है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है हर वर्ष आठ मार्च को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य विश्व में महिलाओं को बराबरी और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देना है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का टिवटर अकांउट विशेष उपलब्धियां प्राप्त महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी आज नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात करेगें प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्री महिला दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आर्योजित किए जा रहे है

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों में आज भारतीय और विदेशी महिलाओं का प्रवेश निशुल्क रहेगा राजस्थान रोड़वेज की राज्य की सीमा में संचालित साधारण और एक्सप्रेस बसों में आज महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेगी

वातानुकूलित बसों में ये सुविधा नहीं मिलेगी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाए देते हुए कहा है कि यह दिन महिला सशक्तीकरण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक है भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज मेलबर्न में ट्वेंटी ट्वेटी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिडेगी

भारतीय महिला टीम ने पहली बार आई सी सी ट्वेंटी ट्वेंटी वैश्व कप फाइनल में जगह बनायी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनल मैच के लिए दोनों टीमों को श्भकामनाएं दी हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के ट्वीट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि विश्व की दो श्रेष्ठ टीमों के बीच आज फाइनल मुकाबला होगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ टीम को जीतना चाहिए प्रधामनंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर फैल रही अफवाहों से भयभीत नहीं होने को कहा है उन्होंने इस संक्रमण को कम करने के लिए हाथ मिलाने की बजाय लोगों से भारतीय परम्परा के अनुसार नमस्ते कहने को कहा श्री मोदी ने लोगों से बुखार खांसी गले में खराश होने की स्थिति में स्वय उपचार करने की बजाय तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने को आग्रह किया इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए यहां आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के दलों द्वारा स्कीनिंग की जाएगी और संदिग्ध पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में रखकर जांच करवायी जाएगी सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही यातायात विभाग के कार्मियों द्वारा ब्रेथ एलॉलाईजर के उपयोग को भी फिलहाल बंद करने को कहा गया है

कोर्ट ने रजिस्ट्रार जोधपुर पुलिस कमिश्नर और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को न्यायालय परिसर का दुबारा निरीक्षण करने के निर्देश दिए ताकि जोधपुर में सुरक्षा के उचित प्रबंधों के लिए हर आवश्यक संसाधन मुहैया करवाया जा सके इसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी इसके आधार पर राज्य की अन्य अधीनस्थ अदालतों में समान व्यवस्था लागू की जा सकेगी